सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

लॉकडाउन प्रदेश के खरगोन और रतलाम में आज रंगपंचमी पर लॉकडाउन रहेगा छिंदवाड़ा में पहले से तीन दिन का लॉकडाउन रखा गया है महाराष्ट्र सीमा से लगे छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन ने गुरूवार को तीन दिन का लॉकडाउन लगाया है

यहां मेडिकल सुविधा चालू रहेगी

मुख्य सचिव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष तथा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं संबंधित विभाग जिसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव अथवा सचिव समिति के सदस्य होंगे दांडी यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल गुजरात के सूरत जिले के छापरभाटा गाँव में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश का एकीकरण किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्म निर्भर भारत का नव निर्माण कर रहे हैं

इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि उल्लास और उमंग के इस त्यौहार को आनंद और सद्भावना के साथ मनाएँ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में होली के बाद रंग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा है जिस तरह नागरिकों ने कोरोना से बचाव की सावधानियों के साथ होली पर्व मनाया उसी तरह रंग पंचमी और अन्य त्यौहार भी मनाए कोरोना संकमण की संभावना को देखते हुए रंग गुलाल गैर और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा भोपाल में लो सामुहिक रूप से रंग गुलाल नहीं खेल सकेंगे जिला कलेक्टर ने बताया कि लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी जिला प्रशासन ने घर पर रह कर ही त्यौहार मनाने की अपील की है

मुख्यमंत्री इसी दिन किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि अधोसंरचना निधि के हितग्राहियों के सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे पैन नम्बर सरकार ने आधार संख्या को पैन नम्बर के साथ जोड़ने की समय सीमा तीस जून तक बढ़ा दी है कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है

भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन लेन देन को निपटाने की नई प्रणाली को अपनाने के लिए बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी गई समय सीमा छह महीने के लिए बढ़ा दी है

इसके अंतर्गत डिजिटल भुगतानों को सुरक्षित बनाने के लिए स्वतः भुगतान से होने वाले लेन देन को प्रमाणित करने की नई व्यवस्था बनाई गई है

देश में कोविड टीकाकरण के जोरदार विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे

इसके साथ ही पशुपालकों को शिविर में पशु बीमा एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ घोना भी है जरूरी